मुख्यमंत्री यहां किसान सम्मान सम्मेलन में भी शामिल हये इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को हार्टिकल्वर क्षेत्र की राजधानी बनायेंगे उन्होंने कहा कि किसानों को उत्पादन का सही मूल्य मिले इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है

नल जल योजना नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री तथा आगरमालवा जिले के प्रभारी जयवर्द्दन सिंह ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आगरमालवा प्रदेश का पहला जिला होगा जहां लोगों को नलों के माध्यम से घरों तक पानी मिलेगा

बोर्ड परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी की परीक्षायें आज से शुरू हो गई हैं पहले दिन हिन्दी का पेपर हुआ वहीं हाईस्कूल की परीक्षायें कल से शुरू होंगी

मण्डल द्वारा परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किये हैं

संबलगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ एक शिक्षक को डयूटी पर अनुपस्थित के बाद उन्हें निलंबित कर दिया है

सिवनी से हमारे संवाददाता फिरोज पंडित ने बताया है कि जिले में भी आज से कड़ी सुरक्षा के बीच हाई परीक्षाओं का आगाज हो गया है

होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं और दो वर्ष तक चिन्हित बच्चों का टीकाकरण किया जायेगा खंडवा और आगरमालवा जिले में यह अभियान आज से शुरू हो गया है

इन कार्यो में चबूतरा निर्माण और फेन्सिंग कार्य प्रमुख हैं जिलों के हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया गौरतलब है कि आस्ठान योजना के तहत आदिवासी समुदाय के देवी देवताओं के देवस्थानों का संरक्षण और जीर्णोद्धार किया जाता है मौसम राज्य में इन दिनों तीनों मौसम यानी सर्दी गर्मी और बारिश देखने को मिल रहे है राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अनेक स्थानों पर कल हल्की बारिश हुई मौसम कोन्द्र ने बताया कि हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बनने और पश्चिमी विक्षोम के कारण प्रदेश के मौसम उतार चढ़ाव आ रहा है राज्य के कई भागों में बारिश होने और ओले गिरने से तापमान में मामूली गिरावट आई है कल राजधानी भोपाल में सुबह आसमान साफ था लेकिन शाम होते होते गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई वहीं मंडला जिले में आज सुबह हल्की बारिश हुई जिससे मौसम ठंडा हो गया है इधर सिवनी जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई वहीं चना मसूर मटर और धनिया पत्ती की फसल को नुकसान की आशंका है वहीं हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में बारिश होने से फसलों को नुकसान पहुॅच सकता है नरसिंहपुरछतरपुर टीकमगढ़ रायसेनगुना और अशोकनगर जिलों में बारिश हुई

मौसम विभाग ने आज शहडोल और रीवा संभागों में गरज चमक के बारिश होने की संभावना जताई है

इस स्ट्रांग रूम में लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन संबंधी ईव्हीएम मशीनों का भण्डारण है